निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे जबकि प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से सौ मीटर दूर रखा जाएगा

नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले उम्मीदवारों को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा और इसकी जानकारी नामांकन के समय देनी होगी नामांकन इस बीच अधिसुचना जारी होते ही आज तीन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए मण्डी संसदीय क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शिवलाल ठाक्र और निर्दलीय उम्मीदवार गुमान सिंह नेगी ने अपना पर्चा प्रस्तुत किया शिमला संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रवि ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस नेता बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में हार के भय से पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने टिकट ही नहीं लिए हैं कांगड़ा जिले के शाहपुर में भाजपा मंडल द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने हाईकमान के आदेश को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जयराम ठाकुर ने प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सभी वर्गो का एक समान विकास कराने को प्राथमिकता दी है उन्होंने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा इस मौके वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार और सरवीण चौधरी सहित पार्टी प्रत्याशी किशन कप्र और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में संचालित दस जमा दो की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया है

सुरेश चंदेल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं उन्होंने आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की बाद में उन्होंने राहल गांधी और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से शिष्टाचार भेंट की दोनों नेताओं ने सुरेश चंदेल को पार्टी में शामिल होने पर शुभकामनाएं दीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सुरेश चंदेल का स्वागत करते हए कहा कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी उल्लेखनीय है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा से टिकट न मिलने से सुरेश चंदेल नाराज चल रहे थे

इस वर्ष के पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी नस्लें बचाओ इसका उद्देश्य दुनियाभर में तेजी से लुप्त हो रही नस्लों के संरक्षण पर ध्यान देना है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है